आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष रेलगाड़ियों समेत कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के अथक और सामूहिक प्रयासों की परिचायक है उन्होंने कहा कि किस प्रकार देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी र्स फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से यह दुनिया के अन्य भागों में फैला प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की मृत्युदर भारत में बहत कम है प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा की भावना की सराहना करते हए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है देशवासियों की संकल्पशक्ति के साथ एक और शक्ति इस लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत है वो है देशवासियों की सेवासाकि वास्तव में इस माहामारी के समय हम भारतवासियों ने ये दिखा दिया है कि सेवा और त्याग का हमारा विचार केवल हमारा आदरी नहीं है बल्कि भारत की जीवनपद्वति है और हमारे यहाँ तो कहा गया है सेवा परमो धमर्स सेवा स्वयं में सुख है सेवा में ही संतोष है श्री मोदी ने कहा कि देश के सभी भागों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यो की भी सैंकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं प्रधानमंत्री ने लाखों मजदरों को ट्रेनों और बसों से सक्शल उनके घरों तक र्ले जाने में दिन रात लगे कर्मचारियों की सराहना की उन्होंने मजदूरों के लिए हर जिले में भोजन और क्वारंटीन की व्यवस्था कर रहे लोगों की भी प्रशंसा की प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हम नये समाधान खोजें श्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ से अधिक हो गई हैं उन्होंने न केवल आयष्मान भारत के लाभार्थियों को बल्कि इस योजना के अंतर्गत रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और नर्सों को भी श्भकामनाए दीं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा समय में लोग योग पर गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हरेक जगह लोग योग और आयर्वद के बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हैं और इन्हें अपनी जीवन शैली में अपनाना चाहते हैं श्री मोदी ने कहा देश के कई भागों में टिड्डी दलों का प्रकोप फैला हुआ है उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारें कृषि विभाग और प्रशासन सभी इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि फसलों को इसके प्रकोप से बचाया जाए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि समूचा विश्व पांच जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगा और इस साल के विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय जैव विविधता है श्री मोदी ने कहा कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधें रोपें और प्रकृति के साथ अपने संबंध सुदृढ करें प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को तीस जून तक बढ़ा दिया है कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्व तरीके से छूट दी जाएगी आज जारी दिशानिर्देशों के अनुसार पहले चरण में प्रदेश में आठ जून से धार्मिक स्थल शॉपिंग मॉल होटल और रेस्त्रा को खोलने की अनुमति होगी सिनेमा हॉल बार जिम बंद रहेंगे सभी सरकारी कार्यालय सौ प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे बाजार सुवह नौ बजे से शाम नौ बजे तक खुलेंगे हालांकि प्रत्येक दिन अलग अलग बाजार खुलेंगे सपर मार्केट भी खुलेंगे मिठाई की दकानों में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी बारात घर खोलने की अनुमति होगी लेकिन अधिकतम तीस लोग ही शामिल हो सकेंगे सैलून और व्यूटी पार्लर खुलेंगे मगर कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा एक ही तौलिया का बार बार उपयोग नहीं किया जा सकेगा राज्य परिवहन निगम की बसों के संचालन को भी अनुमति दी गयी है बसों को विषाणु मुक्त करने के लिए सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा निजी क्षेत्र की बसों को भी शर्तो के साथ चलने की अनुमति दी गयी है टैक्सी कैब सर्विस ऑटो ई रिक्शा को भी चलने की अनुमति होगी प्रदेश सरकार ने पार्क खेल परिसर और स्टेडियम खोलने को भी मंजूरी दे दी है लेकिन दर्शकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा राज्य के भीतर और अन्य राज्यो में ध्यक्तियों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा इसके लिए किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान अगले आदेश तक फिलहाल बंद रहेंगे प्रदेश के कई इलाकों में कल तेज आंधी बारिश और ओलावृष्टि से बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ है जौनप्र के जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर बधवा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मुत्य हो गयी और चार अन्य झूलस गए बस्ती जिले की सदर तहसील के अक्संडा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गयी गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के गांव चिलबिलवां में दो भाइयों की आकाशीय गिरने से मृत्यु हो गयी और उनकी मां झुलस गयी आजमगढ़ के नवागत जिलाधिकारी राजेश क्मार ने आज पदभार ग्रहण कर लिया श्री राजेश इससे पूर्व विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा के पद पर कार्यरत थे पूर्व में वह संतकबीर नगर कन्नौज मथुरा मुरादाबाद में जिलाधिकारी रह चुके हैं श्री राजेश राजस्थान के मूल निवासी हैं